मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में प्रदेश की पहली पी ए सी महिला बटालियन के भवन का शिलान्यास किया कहा राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी पी ए सी महिला बटालियन देशभर में आज से शुरू हो रहा है विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान राष्ट्रीय क़मिरोधी दिवस पर आज प्रदेशभर में बच्चों को दी जायेगी क़मिरोधी दवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के लिए इस साल से इंटर्नशिप योजना की शुरूआत करने की घोषणा की है इस योजना के अंतर्गत कक्षा दस कक्षा बारह और स्नातक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों में प्रशिक्षण हेतु मेजा जाएगा

मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में श्रम और सेवा योजन विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले मानदेय की राशि में एक हजार पांच सौ रुपये केंद्र सरकार द्वारा और एक हजार रुपये प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे श्री योगी ने कहा कि प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने के बाद सरकार युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था भी करेगी उन्होंने कहा कि इसके लिए एक मानव संसाधन प्रकोष्ठ का भी गठन किया जायेगा अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में बीस प्रतिशत बालिकाओं को अनिवार्य रूप से भर्ती किए जाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में प्रदेश की पहली पीएसी महिला बटालियन के भवन का शिलान्यास किया इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीएसी की तीन महिला बटालियन का लखनऊ गोरखपुर और बदायूं में गठन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत गोरखपुर में पहली बटालियन का शुभारंभ हुआ है श्री योगी ने इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएसी की महिला बटालियन के जरिये प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सर्केगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का भी शिलान्यास किया श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस के रिक्रूट के प्रशिक्षण के लिए पहली बार बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएस एफ और अन्य राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों की सहायता ली गई श्री योगी ने कहा कि दो हजार सत्रह में जब राज्य में भाजपा सरकार आयी तब पुलिस में डेढ़ लाख पद खाली थे उन्होंने कहा कि इसमें से पच्चासी हजार पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा चुकी है श्री योगी ने कहा कि बाकी रिक्त पदों को अगले एक वर्ष के भीतर भर दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने दक्ष और स्मार्ट पुलिसिंग को आज के समय की आवश्यकता बताया श्री योगी ने कहा कि इसका प्रमाण पिछले सप्ताह फर्रूखाबाद में देखने को मिला जब प्रदेश पुलिस ने एक बदमाश द्वारा बंधक बनाए गए तेईस बच्चों को बिना कोई नुकसान पहुंचे सुरक्षित छुड़ा लिया

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं भारत दौरे पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने कल वाराणसी पहंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना में हो रही प्रगति की भी सराहना की श्री राजपक्ष भगवान बुद्द की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ भी गये इस दौरान उन्होंने सारनाथ प्रातात्विक संग्रहालय का अवलोकन किया अट्ठारह दिनों तक चलने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आज से देश भर में शुरू हो रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित यह अभियान अट्ठाईस फरवरी तक चलेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच गहरे रचनात्मक संपर्को के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है दो हजार सोलह में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि इस पहल से देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच परस्पर संबंध और मजबूत होंगे हमने हमारे देश को जानना चाहिए जीना चाहिए हमें अपना विस्तार करना चाहिए

एक भाषा में भले पला पढ़ा लेकिन यह मेरा देश है सब कुछ मेरा है मुझे उसके साथ जुड़ना चाहिए ये गौरव का भाव हमें एकता के मंत्र को जीने के लिए रास्ता दिखाता है इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य देश के छत्तीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की समृद्व संस्कृति और विरासत खान पान हस्तकलाओं रीति रिवाजों को प्रदर्शित करना है इसके तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए दो अलग अलग राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी नागरिकों को आरोग्य रखने और स्वास्थ्य सुविधाओं को सर्व सुलभ बनाने के लिए राज्य में प्रत्येक रविवार को आरोग्य मेलों का आयोजन कर रही है उन्होंने लोगों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में पहुंचकर इनका लाभ उठाने की अपील की है इस माह के पहले रविवार से प्रदेश के चार हजार तीन सौ से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक आयोजित होने वाले इन आरोग्य मेंलों में निःशुल्क जांच एवं विकित्सीय सुविधा प्रदान की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का उद्घाटन किया इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दो फरवरी को प्रदेश के चार हजार तीन सौ से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित आरोग्य मेलों में तीन लाख से अधिक मरीजों की स्वास्थ्य जांच हुई उन्होंने कहा कि आरोग्य मेलों का उद्देश्य जन जन को स्वस्थ रखना है भारत ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए चीन को मदद का प्रस्ताव किया है चीन के राष्ट्रपति षी चिनफिंग को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायरस के प्रकोप को देखते हुए चीन की जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त की है श्री मोदी ने हुंबेई प्रांत से भारतीयों को स्वदेश लौटने में मदद के लिए चीन के प्रति आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के प्रकोप से अनेक लोगों की मृत्यु पर दुख भी व्यक्त किया है इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के बत्तीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में नौ हजार चार सौ लोगों की नोवेल कोरोना वायरस से प्रभावित होने की आशंका में निगरानी की जा रही है सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाली सभी उड़ानों की जांच हो रही है जबकि हांगकांग और चीन से आने वाली उड़ानों की जांच एरोब्रिज में ही की जा रही है सभी इक्कीस हवाई अड्डों बन्दरगाहों और सीमावर्ती प्रवेश चौकियों पर भी यात्रियों की जांच हो रही है उधर नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि पन्द्रह जनवरी या इसके बाद चीन यात्रा कर चुके विदेशियों को भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा महानिदेशालय ने एयरलाइंस को भेजे परिपत्र में कहा है कि ऐसे विदेशियों को नेपाल भूटान बांग्लादेश और म्यांमा सीमा समेत किसी भी हवाई अड्डे या बंदरगाह से भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी देशभर में आज राष्ट्रीय क़मिरोधी दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रदेशभर में बच्चों और किशोरो को क़मिरोधी दवा अल्बेंडाजोल की खुराक दी जायेगी दो हजार पन्द्रह में शुरू किए गये इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिजीवी कृमि का प्रभाव कम करने के लिए बच्चों और किशोरों की आंतों को कृमिरहित करना है इससे पेट के कीड़ो की समस्या को जन स्वास्थ्य की समस्या बनने से रोका जा सकेगा जो बच्चे आज खुराक नहीं ले पायेंगे वे सत्रह फरवरी को खुराक ले सकते हैं